प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित कोरोना वायरस के संकमण की रोकथाम के लिये प्रदेश में व्यापक इंतजाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी स्थगित की बोर्ड परीक्षाएं निर्भया सामुहिक दुष्कर्म मामले में चारों दोषियों को कल हो सकती है फांसी

मौसम विभाग ने कल भी जताई बारिश की संभावना

अदालत ने कहा कि कल शाम पांच बजे तक हर हाल में फ़लोर टेस्ट पूरा कर लिया जाना चाहिये अदालत ने हाथ उठाकर बहमत परीक्षण कराने के निर्देश दिये हैं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने मध्यप्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि बैंगलुरू में रह रहे बागी विधायक विधानसभा में बहमत परीक्षण में शामिल होना चाहें तो उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए अदालत ने बहुमत परीक्षण की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के भी निर्देश दिये

आज का यह फैसला इसी याचिका पर आया है अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्यमेव जयते उन्होंने दावा किया कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पराजित होगी और नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी फैसले का स्वागत किया है वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और फ्लोर टेस्ट के लिये हमेंशा तैयार थे

प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये विभिन्न जिलों में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है

जिले की सेंट्रल जेल में नये आने वाले कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है जेल में कैदियों के द्वारा मास्क भी बनाये जा रहे हैं जिनको मांग के अनुसार विभिन्न शासकीय विभागों में भेजा जाएगा

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में अन्न क्षेत्र को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को हाथ धोने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा अलीराजप्र में भी प्रशासन द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और जिले के सभी साप्ताहिक हाट बाजारों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा जारी पत्र में सभी विभागाध्यक्षों को ऐसे कर्मचारियों का साप्ताहिक ड्यूटी रजिस्टर तैयार करने की सलाह दी गई है

निर्भया निर्भया सामुहिक दृष्कर्म मामले के चारों दोषियों को कल फांसी दी जा सकती है दोषियों अक्षय सिंह ठाकुर पवन गुप्ता विनय शर्मा और मुकेश सिंह द्वारा बचाव के लिये दायर की गई सभी याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है निर्भया की मां आशा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अंततः मेरी बेटी को न्याय मिलेगा और इन सभी दोषियों को उनके किये की सजा मिलेगी वहीं दोषियों के वकील ए पी सिंह ने कहा कि पवन की दूसरी दया याचिका अभी पैंडिंग है वहीं अक्षय की पत्नी ने तलाक के लिये केस दायर किया है इन मामलों के निपटने तक फांसी देना उचित नहीं होगा मौसम मौसम के बदले मिजाज के बीच आज प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे इसके कारण रबी की फसलें प्रभावित हई हैं मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बने प्रति चक्रवात और दक्षिण तथा उत्तरी हवाओं के आपस में मिलने के चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव हआ इसके चलते रायसेन सागर दमोह डिंडोरी जबलप्र होशंगाबाद मंडला कटनी नरसिंहपुर अनूपपुर सहित अन्य स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने से गेंहू चना सरसौ और मसूर की फसलों को नुकसान हुआ है इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सागर रीवा शहड़ोल जबलपुर और होशंगाबाद के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक की स्थिति बन सकती है राजधानी भोपाल में हल्की बारिश की संभावना है आने वाले एक से दो दिन में पूर्वी मध्यप्रदेश में इसी तरह की गतिविधियों के बने रहने के आसार हैं प्रभारी सचिव राज्य शासन ने सचिवों के प्रभार के जिलों के आवंटन संबंधी आदेश में संशोधन किया है संजीव कुमार शुक्ला को इंदौर संजीव झा को नीमच प्रकाश चंद जांगरे को शिवपुरी राजेश जैन को आगरमालवा और मुकेश कुमार शुक्ला को खंडवा जिले का प्रभावी सचिव बनाया गया है

रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों के टिकिट की रकम बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी